प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है निकाय चुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराये जाएंगे कोटद्वार में किसानों का एक समूह क्लस्टर विधि से कर रहा है सोयाबीन की खेतीकम मेहनत में ज्यादा पैदावार और मुनाफा

नई दिल्ली में एसोचैम के कार्यक्रम में उन्होंने इसे बेजोड़ सुधार बताते हुए कहा कि सब्सिडी सीधे लोगों के खातों में गई है वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा कि देश की जनता महत्वाकांक्षी है और वह भ्रष्टाचार के कलंक को मिटाना चाहती है श्री जेटली ने कहा कि सरकार ने व्यवस्था को साफ सुथरा बनाने के लिए विमुद्रीकरण जीएसटी और चुनाव बॉड जैसे कदम उठाये हैं

देहरादून में मीडिया से बातचीत में उन्होंने राज्य में प्रति व्यक्ति आय और विकास दर में वृद्धि होने पर संतोष जाहिर किया उन्होंने जीएसटी को लेकर राज्य सरकार की परेशानी को दूर करने का आश्वासन दिया

भ्यूंडार घाटी के लोगों ने पर्यावरण सरक्षण को लेकर एक खास मुहिम चलाई है ईको डेवलमेंट कमेटी के माध्यम से स्थानीय लोग वन अधिकारियों के सहयोग से प्लास्टिक का कचरा एकत्र कर रहे हैं पैदल मार्ग के किनारे कचरे को इकट्ठा करने के लिए दो प्रकार के गड्ढे भी बनाये हुए है बायोडीग्रेबल वेस्ट और वेस्ट यार्ड में प्लास्टिक के कचरे को एकत्र किया जाता है फिर खच्चरों के माध्यम से इन्हें गोविन्द घाट लाया जाता है जहां कचरा जमा करने का मुख्य केंद्र बनाया गया है यहां पर प्लास्टिक के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरु की जाती है जानकारों के अनुसार प्रतिवर्ष हजारों थैलियों में भारी मात्रा में प्लास्टिक का कचरा पैदल मार्ग से इकट्ठा किया जा रहा है स्थानीय लोगों की मुहिम से जहां अब पैदल मार्ग पर सफाई व्यवस्था दुरस्त हुई है वहीं स्वच्छता को लेकर भी लोग जागरुक हुए है

एक समाचार एजेंसी के अनुसार भूकंप में किसी भी प्रकार के जानमाल की क्षति की सूचना नहीं है भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह करीब चार बजे भूकम्प के झटके महसूस किये गये भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग जिलों की सीमा पर लगभग पांच किलोमीटर नीचे था जबकि तीव्रता तीन दशमलव दो थी उत्तरकाशी जनपद के आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र सिंह पटवाल के अनुसार तहसील भटवाड़ी क्षेत्र में कुछ लोग भूकम्प के हल्के झटके महसूस होने के बाद घरों से निकल आये

किसान मेले में पंडित जीबी पंत पर्यावरण संस्थान और विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान के कृषि वैज्ञानिकों ने महिला किसानों को उन्नत खेती की जानकारी दी इस अवसर पर मुख्य कृषि अधिकारी प्रियंका सिंह ने कहा कि पहाड़ की खेती महिलाओं पर ही निर्भर है इस लिए महिलाओं को खेती की बेहतर जानकारी होना आवश्यक है वहीं किसानों का कहना था कि आधुनिक कृषि उत्पादन और तकनीक की जानकारी से उनकी आर्थिकी संवर सकती है महिला कृषकों के लिए विकास भवन में कृषि उत्पादों की जानकारी के लिए प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था

कार्यशाला में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के संबंध में चर्चा की गई जिलाधिकारी सुरेंद्र नारायण पांडेय ने बताया कि कार्यशाला का मकसद जनता और अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित कर जिले का विकास करना है इस कार्यशाला में विभिन्न लोगों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपना अपना पक्ष रखा और जिले के विकास में अपनी सहभागिता देने की बात कही स्लग चुनाव तैयारी प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है प्रदेश में दो प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस सभी निकायों में अपने प्रत्याशी लड़ाने की तैयारियों में जुट गये है इसके लिए राजनीतिक पार्टियों ने प्रत्याशी के चयन को लेकर बतौर पर्यवेक्षकों की भी तैनाती कर दी है प्रदेश में भाजपा की सरकार होने से सत्तारुढ़ पार्टी पर अच्छा प्रदर्शन का दबाव है तो वही कांग्रेस को विधानसभा चुनाव के बाद अपने अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है दोनों ही पार्टी निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर दावा कर रही है तो वहीं इन पार्टियों से जुड़े कार्यकर्ता अपने अपने टिकट को लेकर जोर आजमाइश में जुट गये है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट का कहना है कि निकाय चुनाव में भाजपा शानदार विजय प्राप्त करेगी उन्होने कहा कि जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जायेगी वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जिलेवार प्रत्याशियों के चयन को लेकर पार्टी पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे है उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पूरे निकाय चुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराये जाएंगे स्लग जागरूकता अभियान चुनावों में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बागेश्वर जिले में स्वीप के तहत जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है कौसानी में बच्चों ने नुक्कड़ नाटक और गीतों के माध्यम से मतदाताओं को मताधिकार के महत्व की जानकारी दी

इसके अलावा सूची में गलत नाम अंकित होने पर उसे सही करवाने के बारे में भी जानकारी दी गई

स्लग क्लस्टर खेती खेतों में ज्यादा उत्पादन हो इसके लिए पर्वतीय क्षेत्रों में क्लस्टर खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है कोटद्वार भाबर के गंदरियाखाल में क्लस्टर विधि के तहत किसान मिलजुलकर सोयाबीन की खेती कर रहे हैं जिससे पैदावार ज्यादा हो रही है और उनकी आमदनी भी अच्छी हो रही है जानकार इसे प्रधानमंत्री के किसानों की आय दुगुनी करने के लक्ष्य से जोड़कर देख रहे हैं सोयाबीन नगदी फसल है जिसकी खेती करने से किसानों को काफी मुनाफा हो रहा है

इस विधि से पैदावार ज्यादा हो रही है जिसे देखते हुए किसान इस ओर आकर्षित हो रहे हैं यही कारण है कि कृषि विभाग पर्वतीय क्षेत्रों में इसे बढ़ावा दे रहा है

यह दल बरेली से दिल्ली होते हुए वाघा बॉर्डर तक विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों में प्रतिभाग करेगा सांसद नैनीताल भगत सिंह कोश्यारी ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के आयोजन की प्रशंसा की उन्होंने कहा कि आईटीबीपी सदैव सीमा की सच्ची प्रहरी रही हैं